रामगढ़ जिले में पुलिस ने आज प्रदेश में वाहन लूट करनेवाले गिरोह का किया पर्दाफाश

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गड़करी ने आज झारखंड को पांच सौ उनचालीस किलोमीटर लंबी इक्कीस सड़क परियोजनाओं की सौगात दी इन सड़क परियोजनाओं की कुल लागत तीन हजार पांच सौ पचास करोड़ रुपए है इन सड़क परियोजनाओं में से सात का उन्होंने उद्घाटन किया जबकि चौदह परियोजनाओं की नींव रखी श्री गडकरी ने घाघरा गुमला हाटगम्हरिया जैंतगढ़ महुलिया बहरागोड़ा बीजूपाड़ा कुड़ू फोरलेन रांची के कचहरी चौक से पिस्का मोड़ बिजुपाड़ा फोरलेन बरही हजारीबाग फोरलेन और पिस्का मोड़ पालम फोरलेन सड़क को राष्ट्र को समर्पित किया

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक सड़क परियोजनाओं का डीपीआर तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजा जाय उन्होंने केन्द्र सरकार से साहेबगंज ड्मरी पथ निर्माण की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया

यह आंकड़ा कुल संक्रमित मामलों का मात्र पांच दशमलव तीन दो प्रतिशत है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कोविड जांच नेगेटिव आई है एक ट्वीट में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है और अब वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं श्री बिरला ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने वालों का आभार व्यक्त किया है पिछले महीने संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष कोविड पॉजिटिव हो गए थे झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है पिछले चौबीस घंटे के दौरान छह सौ चौरान्बे नए मरीज मिले हैं जबकि एक सौ सैंतीस लोगों ने कोरोना को मात दी बीते एक दिन में सबसे ज्यादा रांची से तीन सौ अड़सठ और पूर्वी सिंहभूम से तिरान्बे संक्रमित मिले हैं

इस तरह संक्रमितों की संख्या में लगभग छह गुना बढ़ोत्तरी हुई है अबतक पूरे राज्य में एक लाख पच्चीस हजार पांच सौ पच्चीस मामले सामने आ चुके हैं इनमें एक लाख बीस हजार पांच सौ बासठ लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक हजार एक सौ पंद्रह लोगो की मौत इस महामारी से हो चुकी है वहीं फिलहाल सक्रिय मामलों की कुल संख्या तीन हजार नौ सौ आठ हो चुकी है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी घटकर छियानबे प्रतिशत हो गई है आदिवासी सहकारी विपणन विकास फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड ने माई जीओवी डॉट इन के सहयोग से दो दिलचस्प प्रतियोगिताएं शुरू की हैं ये हैं बी ए ब्रांड एंबेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया और बी ए फ्रेण्ड ऑफ ट्राइब्स इंडिया

इस वाहन लूट गिरोह के चार सदस्यों को पुलिस ने हथियार के साथ गोला थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है

पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास कई गाड़ी बरामद की है

ये परीक्षा दो पालियों में होगी पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा होगी जबकि दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की कोरोना संक्रमण और बच्चों की पढ़ाई पर असर को देखते हुए सिलेबस में कटौती की जा चुकी है

आदिवासियों के प्रति पूर्वाग्रह न रखने का सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति के साथ पूरे तालमेल और सादगी से जीवन बिताने वाले आदिवासी समुदायों से बहुत कुछ सीखना होगा

सरायकेला खरसावां जिले में आज अमृत महोत्सव के तहत क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया एनआर स्कूल परिसर से बिरसा मुंडा स्टेडियम तक दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें जिले के अधिकारी और तीरंदाजी अकादमी के छात्र शामिल हुए समेकित जनजातीय विकास अभिकरण के निदेशक संदीप दोराईबुरु ने कहा कि वर्षो के संघर्ष के पश्चात आजादी हासिल हुई है

हजारों कुर्बानियों के बाद हासिल स्वाधीनता की खुशी को जश्न ए आजादी के रूप में मनाया जायेगा जिला शिक्षा अधीक्षक महमूद आलम ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दांडी मार्च की पवित्र तिथि से शुरू आजादी का अमृत महोत्सव देश के इतिहास का स्वर्णिम दिनों में गिना जाएगा चतरा जिले के नक्सल प्रभावित प्रतापपुर थाना क्षेत्र के तुम्बिया के जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी हुई है महुआ के फूल और तेंद्रपत्ता को प्राप्त करने के लिए जंगली क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण जंगलों में आग लगा रहे हैं वन विभाग द्वारा बनाई गई वन प्रबंधन समिति भी ऐसी घटनाओं को रोक पाने में सफल नहीं हो पा रही है आग से जंगल के पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है और वहीं पशु पक्षी भी इसके चपेट में आ जा रहे हैं मौसम विज्ञान केन्द्र रांची ने तात्कालीक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले दो तीन घंटे में रांची और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन और वजपात के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है